पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि की गई वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई मुंगेली में यह दिन समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया वहीं राजनांदगांव में आयोजित श्रद्वांजलि कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए इंडिया टॉय फेयर भारत सरकार आगामी सत्ताईस फरवरी से देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन करेगी

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज संयुक्त रूप से नई दिल्ली में इंडिया टॉय फेयर दो हजार इक्कीस की वेबसाइट का शुभारंभ किया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्राप्त करने और देश के खिलौना उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले महीने प्रथम टॉयकथॉन का आयोजन किया था राज्यपाल बैठक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि भूमकाल के शहीदों की याद में जगदलपुर के गोलबाजार में भव्य स्मारक बनाया जाएगा राज्यपाल भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई अपने बस्तर प्रवास के दौरान सुश्री उइके ने अधिकारियों की बैठक लेकर बस्तर के विकास पर चर्चा की उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई ग्रामीण अपनी समस्या लेकर आए तो उनकी बातों को संवेदनशीलता से सुना जाए और उनकी समस्या का समाधान भी किया जाए राज्यपाल ने कहा कि बस्तर क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों के बीच सभी अधिकारियों को जनकल्याण की योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बोधघाट परियोजना से किसी का भी अहित होने नहीं दिया जाएगा उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ितों के साथ ही आत्मसमर्पित माओवादियों को आवास शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री बोधघाट परियोजना इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर की इंद्रावती नदी में शुरू होने वाली बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से बस्तरवासियों को लाभ मिलेगा अब तक जहां बस्तरवासी इंद्रावती नदी के मात्र ग्यारह टीएमसी जल का ही उपयोग कृषि के लिए कर पा रहे थे वहीं इस परियोजना के निर्माण के बाद करीब तीन सौ टीएमसी पानी का उपयोग किया जा सकेगा बोधघाट सिंचाई परियोजना के निर्माण से बस्तरवासियों को सिंचाई के लिए करीब तीस गुना अधिक पानी उपलब्ध हो सकेगा कोरोना टीकाकरण भारत में बीते छब्बीस दिनों के भीतर सत्तर लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया जो विश्व में सबसे अधिक है अमरीका में यह काम सत्ताईस दिनों में और ब्रिटेन में अड़तालीस दिनों में सम्पन्न हुआ था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक सत्तर लाख सत्रह हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इधर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मियों पुलिस राजस्व पंचायत और नगर निगम के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है राज्य में कोविड टीकाकरण के लिए केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर छह सौ बहत्तर कर दी गई है

राज्य में कहीं से भी वैक्सीन लगाने के बाद किसी दुष्प्रभाव की कोई घटना सामने नहीं आई है

इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है

इनमें से करीब तीन लाख लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लंबे समय से गाड़ियों का परिचालन बंद था यात्रियों को हो रही असुविधा की वजह से रेलवे इन ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने जा रहा है इनमें से कुछ ट्रेनें रायपुर से डोंगरगढ़ के बीच चलेंगी वहीं कुछ ट्रेनें बिलासपुर से रायपुर तक चलेंगी इसके अलावा कुछ पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन रायपुर और दुर्ग के बीच किया जाएगा इन गाड़ियों का परिचालन आगामी आदेश तक जारी रहेगा रेल प्रशासन ने यात्रियों को ट्रेनों में सफर करते हुए रेलवे और राज्य सरकार द्वारा कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं एनसीसी कैडेट सम्मान नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल और विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के कैडेटों का कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान किया रायपुर में आयोजित एट होम विथ सीएम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनत अनुशासन और समर्पण जीवन में सफलता हासिल करने का मूलमंत्र है इनकी बदौलत किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले कैंडेटों को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करना हर एनसीसी कैडेट का सपना होता है इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे महोत्सव में देश के ख्यातिनाम कलाकारों के अलावा जिले के स्थानीय कलाकारों द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि मैनपाट को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए इसे बौद्व सर्किट से जोड़ा जाएगा राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार को पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है इससे मैनपाट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा संक्षिप्त समाचार समाज कल्याण विभाग द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के प्रति संवेदनशीलता को लेकर कल कार्यशाला का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए विलंब शुल्क सहित आवेदन की की अंतिम तिथि तेरह फरवरी है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बीस फरवरी तक बढ़ा दी गई है राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की टीम ने धमतरी जिले के संबलपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र का निरीक्षण किया टीम के सदस्यों ने यहां लगाए गए मखाना और सिंघाड़ा की फसलों का अवलोकन किया साथ ही यहां संचालित मुर्गी बत्तख और मछलीपालन इकाई की प्रशंसा की छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा गणित और गृह विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक पद के लिए दो से चार मार्च तक साक्षात्कार लिए जाएंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी कल बारह फरवरी को बिलासपूर जोन में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे भिलाई सीए ब्रांच ने मध्यम वर्ग की श्रेणी में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है राजिम माधी पुन्नी मेला का आयोजन सत्ताईस फरवरी से ग्यारह मार्च तक होगा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मेले में इस बार शासकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जियो खुलकर नशामुक्ति अभियान के तहत कल से पाटन क्षेत्र में विशेष पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी लगाकर नशामुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा महासमुंद जिले में बसना जनपद पंचायत के भवरचुवा के ग्राम सचिव को शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने और जनपद पंचायत के बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है महासमुंद जिले के बेलसोंडा इलाके में एक युवक ने कॉलेज छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी यह घटना उस समय हुई जब छात्रा अपनी बहन के साथ दवा खरीदकर लौट रही थी दुर्ग जिले के अहिवारा से तीन बच्चों के लापता होने की खबर है इन बच्चों की उम्र दस से बारह वर्ष बताई जा रही है पुलिस जांच में जुट गई है राजनांदगांव में यातायात सप्ताह के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा कल शिविर लगाकर ड्रायविंग लाइसेंस बनाया जाएगा और राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्वच्छता अभियान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनएसएस कैडेटों द्वारा कॉलेज परिसर में साफ सफाई की गई